लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये किया जा रहा है उन्हें याद जोधपुर शहर में महिलाओं और युवतियों को सुरक्षा मुहैया करवाने और छेड़छाड़ से बचाने के लिए जल्दी ही महिला गश्ती दल करेगा निगरानी निर्वाचन विभाग द्वारा विधानसभा चुनाव की आचार संहिता की पालना के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे है इसी के तहत विभिन्न जिर्लों में उड़न दस्तों का गठन किया गया है

ये दस्ते लगातार क्षेत्र में गश्त कर निगरानी करेंगे

विधानसभा चुनाव में हनुमानगढ़ जिले के सैनिक पहली बार इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से बोटिंग करेंगे

समिति के संयोजक ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में केन्द्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के मुददों पर प्रदेश के परिपेक्ष्य में हुए कार्यो की मार्गदर्शक भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई श्री राठौड ने इन्हें राज्य के विकास के लिये आवश्यक बताया बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने प्रारम्भिक भूमिका प्रस्तुत की

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जीका वायरस रोकथाम के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है विभाग ने बताया कि जीका वायरस की रोकथाम के लिए पूरे उपाय किए गए हैं और इसके लिए दो सौ टीमें काम कर रही हैं चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इससे प्रभावित क्षेत्र में पीड़ितों को पूरा इलाज मुहैया कराया जा रहा है इस बीच जयपुर के शास्त्रीनगर में दो और लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है

इधर अजमेर में जीका वायरस सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य आपके द्वार अभियान श्रु करेगा

इधर नगर निगम आयुक्त डॉ राजेश गोयल ने बताया कि सभी वाडॉ में फोगिंग कराने का काम शुरू कर दिया गया है और रोजाना वार्डों में फोगिंग कराई जा रही है

इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये उन्हें याद किया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकनायक की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि जय प्रकाश नारायण ने एक स्वतंत्रता सेनानी और लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में राष्ट्र को प्रेरित किया जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है

इसके अतिरिक्त उन्हें समाजसेवा के लिए मैगससे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था प्रदेश के शेखावाटी इलाको चूरू सीकर और झंझन् जिलों में आज भी इंटरनेट बंद है

जोधपुर शहर में महिलाओं और युवतियों को सुरक्षा मुहैया करवाने और छेड़छाड़ से बचाने के लिए जल्द ही महिला गश्ती दल की कांस्टेबल मोपेड पर गश्त करती नजर आएगी

प्रदेशभर में नवरात्रा पर्व के तहत विभिन्न मंदिरों में भक्ति और अराधना के कार्यक्रम हो रहे है जोधपुर के मेहरानगढ़ में चामुण्डा माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंच रहे हैं जिला प्रशासन और मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से व्यापक सुरक्षा इंतजाम किये गये है दौसा जिले की चांदबावडी में आज से दो दिवसीय आभानेरी फेस्टिवल आयोजित किया जायेगा